और प्रदेश में आज मुहर्रम श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय द्वारा विभिन्न शहरों में ताजिए के साथ मातमी जुलूस निकाला जा रहा है अब समाचार विस्तार से पंचायत चुनाव राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए परिसीमन वार्ड क्षेत्र का निर्धारण और आरक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय सारिणी घोषित कर दी है पंचायतों का चुनाव आगामी दिसंबर जनवरी में संभावित है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी समय सारिणी के मुताबिक ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक तैयारी कल से पंद्रह सितंबर तक की जाएगी वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना को आधार मानकर प्रस्तावित पंचायतों का पहला प्रकाशन अट्ठारह सितंबर और ग्राम पंचायत परिसीमन के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सत्ताईस सितंबर होगी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा आपत्तियों का निराकरण अट्ठाईस सितंबर से तीन अक्टूबर तक किया जाएगा दावा आपत्ति के बाद नए परिसीमन का अंतिम प्रकाशन तथा ग्राम पंचायतों का नक्शा तैयार करने का काम नौ अक्टूबर तक किया जाएगा नई ग्राम पंचायतों की सूची राजपत्र में प्रकाशन के लिए मेजने की तारीख चौदह अक्टूबर नई ग्राम पंचायतों का साख्यिकी प्रतिवेदन तैयार करने का काम अट्ठारह अक्टूबर तक राजस्व जिले के अनुसार जिला जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन दस अक्टूबर को किया जाएगा दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण का कार्य अट्ठारह अक्टूबर तक होगा अंतिम प्रकाशन और नजरी नक्शा तैयार करने का काम बीस अक्टूबर तक किया जाना है जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्यवाही की सूचना का प्रकाशन तेरह नवम्बर को आरक्षण कार्यवाही और अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन अट्ठारह नवम्बर को किया जाएगा इसी प्रकार ग्राम पंचायत को सरपंच वार्ड जनपद पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही उन्नीस से तेईस नवम्बर तक और प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन तेईस नवम्बर को किया जाएगा बिजली शुल्क नीति बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगी हैदराबाद में आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि नई नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी क्योंकि सरकार बिजली क्षेत्र में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अधिकार विधेयक लाने जा रही है श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता के इन अधिकारों में चौबीसों घंटे बिजली की समुचित आपूर्ति शामिल है कटौती की किसी स्थिति में बिजली वितरण कम्पनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी भरपाई उपभोक्ताओं के खाते में जमा की जाएगी बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कम्पनियां अपनी दक्षता में कमी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं

नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ घरों में विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जा रहा है हमारा लक्ष्य है कि कोई भी घर बिना बिजली और गैस कनेक्शन के अछूता न रहे

भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है गौरतलब है कि हाल ही में चर्चित अंतागढ टेपकांड को लेकर मंत्राम पवार ने रायपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज श्रीवास्तव के सामने अपना बयान दर्ज कराया था श्री पवार ने आरोप लगाया था कि अंतागढ़ उप चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में वर्ष दो हजार चौदह में नाम वापस लेने के लिए साढ़े सात करोड़ रूपये की डील हुई थी उन्होंने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मंत्री राजेश मूणत और पूर्व विधायक अमित जोगी का नाम लिया था आरक्षण हाईकोर्ट याचिका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में अध्यादेश जारी कर प्रदेश में लागू किए गए बयासी प्रतिशत आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है दायर याचिका में इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया गया है यह याचिका अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने दायर की है याचिका में उन्होंने इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ के मामले में आए फैसले का जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है वर्ष उन्नीस सौ बयानवे में आए इस फैसले को आधार बनाकर याचिका दायर की गई है याचिका में कहा गया है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों और युवाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति को बत्तीस अनुसूचित जाति को तेरह अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ताईस और गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का आदेश जारी किया है रेललाइन रिनिवल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेललाइनों के रिनिवल में इस साल भारतीय रेलवे में पहला स्थान हासिल किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रैल दो हजार उन्नीस से अगस्त तक एक सौ सोलह किलोमीटर से अधिक रेललाइन के रिनिवल का काम पूरा किया है जो दिए गए लक्ष्य का बावन दशमलव नौ एक प्रतिशत है यह उपलब्धि अन्य रेलवे की तुलना में सर्वाधिक है दूसरे नंबर पर छियालीस प्रतिशत के साथ पश्चिम रेलवे और तीसरे नंबर पर बयालीस दशमलव शून्य सात प्रतिशत के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे है मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने जिला कलेक्टरों को शत प्रतिशत गिरदावरी भू अर्जन के प्रकरणों का मुआवजा वितरण आरआरसी की वसूली तथा पर्यावरण तथा अधोसंरचना के उपकर की वसूली सहित अन्य महत्वपुर्ण विषयों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं श्री कुजूर ने कल रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों की बैठक ली बैठक में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से लगे जिलों के धान खरीदी केन्द्रों की निगरानी के लिए पंद्रह अक्टूबर से चेक पोस्ट प्रारंभ करने के साथ ही निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए मुख्य सचिव ने कहा कि इस माह के अंत तक शत प्रतिशत गिरदावरी का काम पूरा करें गिरदावरी के आधार पर ही किसानों और उनकी उपज का आंकलन किया जा सकेगा धान खरीदी के दौरान खरीदी के लक्ष्य में संशोधन के प्रस्ताव मान्य नहीं किए जाएंगे माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने पांच माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान पुसबाका और पेगड़ापल्ली के जंगल से इन माओवादियों को पकड़ा गया गिरफ्तार माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या लूटपाट आगजनी और अपहरण जैसे कई जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं सड़क दुर्घटना रायपुर जिले में आरंग के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं तेईस अन्य लोग घायल हो गए हैं जिनमें से अट्ठारह लोगों की हालत गंभीर है मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ग्राम पारागांव में बीती रात चारपहिया एक वाहन सड़क किनारे खड़े हाईवा से जा टकराया इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई चारपहिया वाहन में सवार सभी लोग महासमुंद जिले के घुचापाली के रहने वाले हैं उधर धमतरी जिले में आज एक यात्री बस गागरा पुल के पास पलट गई इस हादसे में बारह यात्री घायल हो गए हैं जिनमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई है गंभीर रूप से घायलों को रायपुर लाया गया है बस में पचास यात्री सवार थे मुहर्रम देशभर में आज मुहर्रम श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है यह दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करबला में पैगम्बर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है इस अवसर पर ताजिए निकाले गए और मजलिसों का आयोजन किया गया इधर प्रदेश में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिये निकाले जा रहे हैं रायपुर में कर्बला में हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन आज रात किया जाएगा रायपुर में इस समय ताजिए के साथ साथ मातमी जुलूस निकाला जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हो रहे हैं

इस दौरान सुश्री उइके कल शाम रायगढ़ में संपन्न होने वाले दस दिवसीय चक्रधर समारोह में शामिल होंगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जाति मामले में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर आज उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है राज्य सरकार ने दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव में मतदान के दिन आगामी तेईस सितंबर को सामान्य अवकाश घोषित किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल बुधवार को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनी सोढ़ी और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में लड़ने का निर्णय लिया गया हैं और जांजगीर चांपा में आज कलेक्टर जेपी पाठक ने थल सेना में चयनित जिले के बयासी युवाओं का सम्मान किया